दौरे के दौरान राज्यपाल ने क्षेत्र के लोगों द्वारा सामना कर रहे चुनौतियों के बारे में जानकारी ली ग्रामीणों द्वारा राज्यपाल को सुदूर प्रशासनिक मुख्यालय तक सड़क संपर्क की अनुपलब्धता के कारण बुनियादी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से अवगत कराने पर राज्यपाल ने बताया कि राज्य सरकार मिआओ विजोयनगर सड़क के निर्माण में तेजी ला रहे है और वे खुद व्यक्तिगत रुप से निर्माण कार्य की निगरानी करेंगे क्षेत्र में कोई भी अंतर ग्राम सड़क या ट्रैक नहीं पाए जाने पर राज्यपाल ने जिला उपायुक्त को स्थानीय लोगों को दैनिक मजदूरी के आधार पर काम में लगाकर ट्रैक को फिर से बनाने का निर्देश दिया पांग्सों पास में दौरे के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने डॉ मिश्रा को पर्यटन एवं सीमा व्यापार के लिए क्षेत्र की संभावनाओं की जानकारी दी गई ग्रामीणों ने लैंड कस्टम कार्यालय को जल्द से जल्द खोलने पर भी जोर दिया दौरे के दौरान राज्यपाल के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते और नामपोंग विधायक लाइसम सिमाई भी थे राष्ट्रव्यापी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम कल से शुरु हो गया है यह कार्यक्रम पंद्रह अक्टूबर तक चलेगा इस का उद्देश्य क्राउड सोर्सिंग यानी मतदाताओं के परिवारों से सूचना लेकर नई मतदाता सूची तैयार करना है इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के एक मतदाता को एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दिया जाएगा जिसके सहारे अपना और अपने परिवार के मतदता पंजीकरण संबंधी दस्तावेज और अन्य विवरण उपलब्ध कराने होंगे इस विवरण का सत्यापान प्रखंड स्तर के अधिकारी करेंगे इस काम में राज्य मुख्यालय स्तर पर छत्तीस मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सात सौ चालीस जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा दस लाख से ज्यादा मतदान केंद्रों में ब्रथ स्तरीय अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को लगाया गया है मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दी जा सकेगी मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का चौदहवां सम्मेलन आज ग्रेटर नोएडा में शुरु हो गया है यह तेरह सितंबर तक चलेगा सम्मेलन के दौरान भूमि की गुणवत्ता कम होने की समस्या पर भी विचार किया जाएगा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मरुस्थलीकरण से निपटने के भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए हाल में कहा था कि यह समस्या पूरे विश्व की है और भारत इससे निपटने के प्रयासों का नेतृत्व करेगा मरुस्थलीकरण से निपटने की संयुक्त राष्ट्र संधि सत्रह दिसंबर उन्नीस सौ छियानवें से लागू हुई थी संधि का मुख्य उद्देश्य भूमि के बंजर होने की रोकथाम करना और सूखे के असर को कम करना है अरुणाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने गत शनिवार को ईटानगर में उत्तर पूर्वी भारत के संवैधानिक अधिकार और जनजातीय लोग पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया संगोष्ठी में न्यायिक अधिकारी सी बी ओ गैर सरकारी संगठन अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग और अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी के प्रतिनिधि तथा छात्रों सहित तीन सौ से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया संगोष्ठी में देश के संविधान द्वारा जनजातिय लोगों के लिए प्रदान किए गए विभिन्न आंतरिक सुरक्षा पर विचार विमर्श किया गया जल शक्ति अभियान के अंदर द्रम्पोरिजों के दियुम बुई आवसीय विद्यालय में गत शुक्रवार को निबंध लेखन और चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ प्रतियोगिता का आयोजन अपर सुबनसिरी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया था प्रतियोगिता में एक सौ पचास से भी अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया समारोह को संबोधित करते हुए के वी के के जिला प्रमुख ने घर और खेतों में पानी का कुशल उपयोग और मानव पशु और पौधों के जीवन में जल की भूमिका पर जानकारी दी उन्होंने वर्षा जल को संरक्षित करने और विभिन्न तकनीकों के माध्यम से भूजल स्तर में सुधार के लिए कदम उठाना को भी कहा गणेश चतुर्थी आज देशभर में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है बुद्धि विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति के जनमोत्सव के उपलक्ष्य में दस दिन का यह उत्सव गणेश चतुर्दशी पर संपन्न होता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी है श्री कोविंद और श्री नायडू ने अपने संदेश में कहा कि यह उत्सव उन मुल्यों का प्रतीक है जिन्हें समाज के सभी वर्गों के कल्याण और राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में उतारना होगा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 आज का अधिकतम तापमान सैंतीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सत्ताईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया